मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जयपुर और जोधपुर के परकोटा क्षेत्र में बाईक एम्बुलेंस के लिए पायलेट प्रोजेक्ट चलाया जायेगा

उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही कोम शुरू किया जाएगा मुख्यमंत्री ने तीन नई नगर पालिकाओं की भी घोषणा की इनमें बामणवास लालगढ़ जाटान और उच्चैन शामिल है

श्री गहलोत ने कहा कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ को राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में क्रमोन्नत किया जायेगा

मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने वाली राजस्थानी फिल्मों को विशेष अनुदान की बात कही राजस्थानी फिल्मों और भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति बनाने की भी घोषणा की गई राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में नया जिला बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है

उर्न्होने बताया कि इसी कारण सांभर को जिला बनाये जाने के प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता बाड़मेर जिले में पूलिस हिरासत में कल एक युवक की मौत के बाद देर रात राज्य सरकार ने पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी को एपीओ कर दिया

युवक पर पुलिस थाने में कोई मामला दर्ज नहीं था उसको पूछताछ के लिए लाया गया था जहां हिरासत में उसकी मौत हो गई युवक के परिजन मामले की न्यायिक जांच सहायता दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे है बूंदी जिले के पापडी गांव में मेज नदी में हुए हादसे की जांच के लिए चार अधिकारियों की समिति गठित कर दी गई है परिवहन सचिव और आयुक्त रवि जैन ने बताया कि कमेटी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच करेगी और तथ्यात्मक रिपोर्ट बिना किसी देरी के प्रस्तुत करेगी

मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर को जांच अधिकारी बनाया गया है

एक भारत श्रेष्ठ अभियान के तहत देशमर में राज्यों की कला और संस्कृति की विविधता के साथ ही अन्य जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए उनके जोड़े बनाए गए हैं

कल गुवाहाटी में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बैंकों से चायबागान श्रमिकों के खातों को प्रत्यक्ष लाम अंतरण से जोड़ने का निर्देश दिया

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में दो दिनों में तेज हवाएं चलने तथा ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है राजघानी जयपुर में आज सुबह से बादल छाये हुए है और ठण्डी हवाएं चल रही है